उन्होंने कहा कि सरकार गतिशील लघ् और मध्यम व्यवसायों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करे रही है जिन्हें इसकी आवश्यकता है उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे पर उन्हें गर्व है क्योंकि वे संकट के इस काल में लगातार लोगों की सहायता कर रही है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आज आकाशवाणी और द्रदर्शन केंद्र शिमला के उच्च अधिकारियों के साथ राजभवन में एक बैठक का आयोजन किया गया बैठक में विद्यार्थियों के लिये घर बैठे कक्षाओं के प्रसारण पर विचार विमर्श किया गया

राज्यपाल ने प्रदेश सरकार सहित आकाशवाणी व दूरदर्शन के इन प्रयासों की सराहना की है बैठक में आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार शर्मा व दूरदर्शन शिमला की कार्यक्रम प्रमुख धारा सरस्वती व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना संकट के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतत्व में केंद्र सरकार गरीब व जरूरतमंद तबके को राहत पहंचाने का प्रयास कर रही है कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक करोड़ सात लाख रुपए का राहत पैकेज प्रदान किया है

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि सरकार ने कोरोना से पहली पंक्ति में खड़े होकर लड़ रहे कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखा है

तीन पॉजिटिव प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढौतरी हई है प्रदेश में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है ये व्यक्ति ऊना जिला के अंब उपमंडल से संबंधित है और तबलीगी जमातियों के सम्पर्क में आया था

इन संक्रमित मामलों में से दो हमीरपुर व एक चंबा का है

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रभित मामले आने के बाद हमीरपुर शहर और जोल सप्पड पंचायत व आसपास के तीन किलोमीटर के क्षेत्र संभावित हॉट स्पॉट बन गये हैं जिले में आगामी आदेशों तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी कर्फ्यू में ढील की अवधि भी स्थगित कर दी गई है उन्होंने कहा कि लोगों को घरों के बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उन्हें घर द्वार पर की जाएगी उधर ऊना ज़िले के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि आज पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के सम्पर्क में आए लोगों की तलाश की जाएगी उन्होंने अंब उपमंडल की राजपुर जस्वां पंचायत को सील करने के आदेश दिए हैं और आगामी आदेशों तक इस क्षेत्र में पूरी तरह कफ़र्यू रहेगा संदीप कुमार ने कहा कि पंचायत के लोगों को राशन सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति डोर टू डोर सप्लाई के माध्यम से की जाएगी